वहीं सतना जिले के मरीज की कल रीवा में मत्य् हो गई

उधर सागर जिले से कल सुखद खबर आई जहां द्रसरे पाजिटिव मरीज के स्वस्थ्य होने पर अस्पताल से छ्ट्टी दे दी गई

डॉ मिश्रा ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से ग्वालियर जिले को रेड जोन से हटाने की मांग की

अपील दतिया प्लिस अधीक्षक अमन सिह राठोर ने लॉक डाउन के तीसरे चरण में लोगों से अपील की हाकि वे शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें

मौसम अब खबर मौसम की राजधानी भोपाल में कल रात तेज हवाओं के साथ बंदा बांदी हई हवाओं के कारण शहर के कई हिस्सों में बिजली गुल रही वहीं विदिशा जिले के पठारी में बारिश के साथ ओलावृष्टि हई

यहां भी तेज हवाओं से बिजली आपूर्ति प्रभावित हई गुना और अशोकनगर जिलों में कल शाम गरज चमक और हवाओं के साथ हल्की बारिश हई हालांकि इससे पहले दिन में तेज धूप निकलने से लोगो को गर्मी का भी सामना करना पड़ा

यहां दकानें ऑड ईवन क्रम से हिसाब से संचालित होगी